प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

वे आईएएस दीपक उप्रेती का स्थान लेंगे जो आज सेवानिवृत हुए है राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज इस बारे में आदेश जारी कर दिये

उधर पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर को पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है

राज्य सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रीट परीक्षा होने के बाद इन शिक्षकों की भर्ती की जायेगी

इसके अतिरिक्त श्री गहलोत ने क्रमोन्नत सरकारी स्कूलों में लगभग ढाई हजार अस्थाई पदों के सुजन को मंजूरी दे दी है इनमें प्रधानाध्याक वरिष्ठ अध्यापक सहित अन्य पद शामिल है

अभियान के तहत आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ सीआर यादव ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना महामारी के दौर में घर के बच्चों ब्जूर्गों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें

कोरोना जागरूकता को लेकर प्रदेशभर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है आज जालौर में कोरोना के विरूद्व जन आंदोलन जनजाग्रति के तहत जिला मुख्यालय सहित उपखण्ड व ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया

इस कर्मचारी ने परिवादी से प्रधानमंत्रखी आवास योजना के तहत ऋण की किश्त दिलवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी